राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने आज पांच राज्यपालों की नियुक्ति और तबादले के आदेश जारी कर दिए है राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कलराज मिश्र अब राजस्थान के नये राज्यपाल होंगे वे अब तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी निभा रहे थे भण्डारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है आरिफ मोहम्मद खान को केरल भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र और डॉ तमिलीसाई सौन्दर्यराजन को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है

रोवर प्रज्ञान को ले जा रहा लैंडर सात सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रव की सतह को हल्का सा छुएगा ऑर्बिटर एक वर्ष तक चंद्रमा के आसपास घूमेगा और उसकी सतह का मानचित्र तैयार करेगा स्विटजरलैंड के बैंकों में भारतीयों के खातों की जानकारी आज से कर अधिकारियों को उपलब्ध हो जायेगी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने टवीट संदेशों में बताया कि काले धन के खिलाफ सरकार की लड़ाई में यह महत्वपूर्ण कदम होगा और इससे स्विस बैंक की गोपनीयता के युग का अंत हो जायेगा टवीट में कहा गया है कि साझा रिपोर्टिंग मानक के अंतर्गत वित्तीय खातों को जानकारी का प्रथम स्वचालित विनिमय आज से शुरू हो जायेगा

सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति निर्माण करता है देशभर में आज से राष्ट्रीय पोषण माह की शुरूआत हो रही है इस आयोजन का इस वर्ष का विषय है पूरक आहार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले सप्ताह मन की बात में कुपोषण का उल्लेख करते हए कहा था जागरूकता के अभाव में निर्धन और संपन्न परिवार कपोषण के शिकार होते हैं

प्रदेश में आज से आयुष्मान भारत और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना नये रूप में लागू हो रही है अब इस योजना का नाम आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना होगा इस योजना के तहत भामाशाह बीमा योजना के पात्र परिवारों को पहले की तरह ही लाभ मिलते रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री रघ् शर्मा ने बताया कि नई योजना के लिये स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं

निर्वाचन आयोग आज से देश भर में मतदाता सत्यापन का महा अभियान शुरू कर रहा है प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में भी पंजीकृत मतदाताओं की प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए आज से अभियान चलाया जा रहा है

उन्होंने आम नागरिकों और मतदाताओं से अपील की है कि वे इस अभियान के दौरान मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टियों का ऑन लाइन सत्यापन कराए ताकि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार की जा सके

बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेण्डर आज से मंहगा हो गया है

उधर तेल विपणन कंपनियों ने विमान ईंधन की कीमत में कमी की है इससे विमान सेवा कंपनियों को राहत मिलेगी

भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन पर्यटन निगम आईआरसीटीसी के जरिए अब ई टिकिट खरीदना मंहगा होगा एक आदेश के जरिए भारतीय रेलवे ने आज से सेवा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है

नागौर में सांसद हनुमान बेनीवाल का तीन दिन से चल रहा महापडाव कल देर रात समाप्त हो गया राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के साथ वार्ता के बाद कृछ समझौतों के साथ महापड़ाव को समाप्त करने का निर्णय लिया गया

मेले में श्रद्वालुओं के मददेनजर मेला समिति जिला प्रशासन और प्लिस प्रशासन ने व्यापक स्तर पर कानून और सुरक्षा व्यवस्था के इन्तजाम किए है